उन्हें प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे

भारतीय डाक केंद्र सरकार ने कल भारतीय डाक भुगतान बैंक के जरिये आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली सेवा की शुरूआत की संचार इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवा से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सेवा वाले इलाकों के लाखों लोगों तक वित्तीय सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने में केन्द्र के प्रयास को बहुत मदद मिलेगी महर्र म आज प्रदेश सहित देशभर में मुहर्रम श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानि हिजरी सन का पहला महीना होता है हिजरी सन का आगाज़ भी इसी महीने से होता है इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग जलूस निकाल कर हज़रत इमाम हसैन की शहादत को याद करते है और रोजा रखते है कहा जाता है इसी दिन अल्लाह के नबी हज़रत नूह की किश्ती को किनारा मिला था और हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया था

इस बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का निर्णय ओर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जनमंच पर भी चर्चा होने की संभावना है इसके अलावा इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते है

यह जानकारी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी

रोप वे चम्बा के जनजातीय क्षेत्र पांगी को भनोड़ी से साचपास और साचपास से प्रेग्राम तक रोप वे से जोड़ा जाएगा जिसके लिए नौ सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है विधायक जियालाल कप्र ने कल पांगी के दौरे के दौरान किलाड़ में यह जानकारी दी

पुलिस थाना सिरमौर जिले के प्रूवाला में कल से प्लिस थाने ने कार्य करना शुरू कर दिया है

पांवटा साहिब थाने के एसएचओ को पुरूवाला थाने का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है धर्मशाला उपचुनाव पर पंजाब केसरी की सुर्खी है भाजपा ने चार जोन में बांटा विधानसभा क्षेत्र टिकट का फैसला दिल्ली में मंत्री विधायकों को सोंपी डयूटियां

डेमोक्रेसी हिमाचल के मुताबिक धर्मशाला उपच्नाव को भाजपा ने सरवीण विक्रम हंसराज और ध्वाला को दी जिम्मेदारी

दक्षिण अफ्रीकी टीम के धर्मशाला पहुंचने की ख़बर भी आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है भूकंप से जुड़ी ख़बर पर पंजाब केसरी का शीर्षक है दूसरे दिन भी चम्बा में लगे भूकंप के झटके

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं लगातार दूसरे दिन झटकों से कांपा चम्बा मोटर व्हीकल एक्ट पर पंजाब केसरी और हिमाचल दस्तक ने लिखा हैं हिमाचल में एक माह बाद लागू होगा नया मोटर वाहन एक्ट दैनिक सवेरा टाईम्स का कहना है अब छुपाए नहीं छुपेगी कानून तोडू चालकों की हरकतें एक्साइज फीस फर्जीवाड़े पर दैनिक भास्कर ने ख़बर दी है विजिलेंस ने आरोपी रोहित से पूछा फर्जी चालान एफडीआर में कौन कौन शामिल दैनिक जागरण की एक ख़बर है वायरल पत्र पर मोबाइल जब्त आज पक्ष रखेंगे पूर्व मंत्री शांता कुमार को संबोधित पत्र में की है आपतिजनक बातें मंत्री महेंद्र के डीओ पर हुआ प्रिंसिपल का तबादला रद्द अमर उजाला की एक ख़बर है इसी पत्र के अनुसार नए राज्यपाल बंडारू आज पहुंचेगे शिमला दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है छोटी होगी कांग्रेस की कार्यकारिणी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

नमस्कार